समय सारिणी भीषण गर्मी के कारण सोलन ज़िले में समी सरकारी व निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है

इसी तरह नौवीं कक्षा से बाहरवीं कक्षा के स्कूल सुबह साढ़े सात बजे खुलकर दोपहर डेढ़ बजे बंद होंगे

उन्होंने हर वर्ग के लोगों से योग कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत हल्के बादलों के साथ हुई है हालांकि बीती रात मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों में हुई जोरदार वर्षा से लोगों ने चिलचिलाती गर्मी से राहत की सांस ली है इस वर्षा के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है मैदानी क्षेत्रों में हुई ये बारिश मक्की की बिजाई के लिए फायदेमंद बताई जा रही है दूसरी ओर कल शाम चंबा जिले की जांधी पंचायत में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है हमारे चंबा संवाददाता के अनुसार इस घटना से गांव के करीब एक दर्जन किसानों के खेत बह गए हैं जबकि छह लोगों के घरों में मलबा घुस गया नाले की बाढ़ के साथ आए मलबे से पठानकोट भरमौर हाईवे भी बंद हो गया है जिला प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है तथा ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं

बैठक किन्नौर ज़िला परिषद की बैठक अध्यक्ष टॉशी यांगचैन की अध्यक्षता में कल रिकांगपिओ में हुई

ज़िला परिषद अध्यक्षा टॉशी यांगचैन ने बताया कि ज़िले में जलविद्युत परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए परियोजना प्रबंधकों के साथ अलग से बैठक बुलाई जाएगी अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने हिमाचल सरकार और जर्मनी के बीच निवेश को लेकर हुए एमओयू से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है आयुर्वेद और कृषि क्षेत्र में निवेश करेगा जर्मनी पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल का जर्मनी से आयुर्वेद व कृषि क्षेत्र में निवेश को लेकर करार दिव्य हिमाचल लिखता है जर्मनी में जयराम सरकार ने साइन किया पहला एमओयू दैनिक भास्कर का शीर्षक है जर्मनी के फैंकफर्ट में हिमाचल का रोड शो फिज के साथ एमओयू किया साइन दैनिक जागरण का कहना है जड़ी बूटियों पर शोध करेंगे जर्मनी के डॉक्टर दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है निवेशक महासम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री ने जर्मनी में दी दस्तक हिमाचल दस्तक के मुताबिक कृषि हेल्थ में सहयोग को जर्मनी के साथ एमओयू जाम से बेहाल शिमला में अब शनिवार को बंद रहेंगे स्कूल शीर्षक से अमर उजाला लिखता है पर्यटन सीजन में वीकेंड पर जाम के चलते प्रशासन का फैसला कंडक्टर भर्ती पर इसी समाचार पत्र की सुर्खी है तेइस अभ्यर्थियों को बिना इंटरव्यू ही दे दी नौकरी दिव्य हिमाचल की एक खबर है दसवीं कंपार्टमेंट परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक शिक्षा बोर्ड ने कानोंकान खबर नहीं होने दी प्लानिंग एरिया से कब बाहर होंगे एक हजार गांव रिपोर्ट बनाने वाली कमेटी का ही इस्तीफा शीर्षक से खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है

इसी समाचार पत्र ने ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर के हवाले से लिखा है सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए नई योजनाएं तैयार की जाएं मौसम पर अमर उजाला और पंजाब केसरी की एक जैसी सुर्खी है चंबा के जांधी में बादल फटा छह घरों में घुसा मलबा जबकि दैनिक भास्कर लिखता है बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा में घंटों जाम में फंसे रहे सैलानी दिव्य हिमाचल के अनुसार तपते हिमाचल पर राहत की फुहारें गर्मी से मिली राहत